उन्होंने लोगों से जल की एक एक बूंद बचाने का आग्रह किया केंद्र में दोबारा सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री ने आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित किया उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के तरीकों का प्रचार प्रसार होना चाहिए प्रधानमंत्री ने लोगों से यह अनुरोध भी किया कि वे जल संरक्षण के उन पारम्परिक तरीकों को साझा करें जो सदियों से उपयोग में लाए जाते रहे हैं मैं विशेष रूप से अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों से जल संरक्षण के लिए इनोवेटिव कैम्पेनिंग का नेतृत्व करने का आग्रह करता हूँ फिल्म जगत हो खेल जगत हो मीडिया के हमारे साथी हों सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हों सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हों कथा कीर्तन करने वाले लोग हों हर कोई अपने अपने तरीके से इस आंदोलन का नेतृत्व करें प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में जानकारी देने के लिए हैश टैग जन शक्ति फॉर जल शक्ति का उपयोग करने का अनुरोध किया उन्होंने कहा कि देश में पानी से संबंधित सभी विषयों पर तेजी से निर्णय लेने के लिए नया जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है मैंने ग्राम प्रधानों को लिखा कि पानी बचाने के लिए पानी का संचय करने के लिए वर्षा के ब्रंद ब्रंद पानी बचाने के लिए वे ग्राम सभा की बैठक बुलाकर गाँव वालों के साथ बैठकर के विचार विमर्श करें मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस कार्य में पूरा उत्साह दिखाया है और इस महीने की बाईस तारीख को हजारों पंचायतों में करोड़ों लोगों ने श्रमदान किया

हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि समग्र स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता ने योग की महिमा और योग दिवस का महत्व बढ़ा दिया है उन्होंने कहा कि योग ने व्यापक रूप ले लिया है और विश्वभर में योग दिवस को सामूहिक रूप से मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री ने अलग अलग उदाहरण देकर बताया कि जापान इटली और कई अन्य देशों में योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है लोकतंत्र के महत्व पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक व्यवस्था के सुगम संचालन के लिए संविधान आवश्यक है उन्होंने कहा कि भारत इस बात पर गर्व कर सकता है कि कानून और व्यवस्था के अलावा लोकतंत्र हमारी संस्कृति में रचा बसा है और यह हमारी विरासत का अंग है उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोगों के दिल में आक्रोश था और खोये हुए लोकतंत्र की तड़प थी प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में सम्पन्न लोकसभा चुनावों में करीब इकसठ करोड़ लोगों ने मताधिकार का उपयोग किया यह संख्या अमेरिका की पूरी आबादी यहां तक कि यूरोप की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रक्रिया में शामिल अत्यधिक संसाधनों और श्रम शक्ति का भी उल्लेख किया लोकतंत्र के इस महायज्ञ को समफलतापूर्वक सपन्ध्न कराने के लिए जहां अर्द्धसैनिक बलों के करीब तीन लाख सुरक्षाकर्मियों ने अपना दायित्व निभाया

इन्द्हीं लोगों की कड़ी मेहनत के फलस्घ्वरूप इस बार पिछली बार से भी अधिक मतदान हो गया

उन्होंने कहा कि इन कहानियों के संदेश सभी के लिए आज भी प्रासंगिक हैं प्रधानमंत्री ने केरल के इडुक्की गांव में घने जंगलों के बीच दो शिक्षकों द्वारा संचालित अक्षरा पुस्तकालय का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम फिर शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि परिवार जैसे वातावरण में यह सीधा सादा कार्यक्रम जीवन और समाज में बदलाव का जरिया है उधर रायपुर में भाठागांव चौक पर छत्तीसगढ़ रेडियो श्रोता संघ के सदस्यों ने आज मन की बात कार्यक्रम का सामूहिक रूप से श्रवण किया इस मौके पर श्रोता संघ के संयोजक अशोक बजाज अध्यक्ष परसराम साहू सहित अन्य श्रोताओं ने जल संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की गई अपील को महत्वपूर्ण बताते हुए इसके लिए सभी को मिल जुलकर प्रयास करने की बात कही इस बीच केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम दुनिया में अपनी तरह का ऐसा पहला प्रयोग है जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं लोगों से बात करते हैं आज पुणे में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद श्री जावड़ेकर ने आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में कहा कि लोग निश्चित रूप से मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद जल संरक्षण के संबंध में प्रधानमंत्री की अपील पर गौर करते हुए इसे स्वच्छ भारत अभियान की तरह एक जनआंदोलन बनाने की दिशा में पहल करेंगे जापानी इंसेफेलाइटिस रोकथाम प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने जापानी इंसेफेलाइटिस की रोकथाम के लिए प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं इसके अलावा सभी शिविरों के लिए डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों की अलग अलग टीम बनाने को भी कहा गया है स्वास्थ्य संचालक शिखा राजपूत तिवारी ने विभागीय प्रदेश को सभी जिला चिकित्सा अधिकारियों से कहा है कि वे अपने जिलों में जापानी इंसेफेलाइटिस की आशंका वाले क्षेत्रों का लगातार भ्रमण करें और पीड़ितों को तत्काल इलाज मुहैया कराएं उन्होंने घरों में जाकर मच्छर पनपने वाले स्रोतों को नष्ट करने और लार्वा नष्ट करने के लिए अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गौरतलब है कि मस्तिष्क ज्वर संक्रमित मादा क्यूलेक्स विष्नुई प्रजाति के मच्छर के काटने से यह बीमारी होती है सही समय पर इलाज से यह ठीक हो जाता है यह बीमारी ज्यादातर एक से पंद्रह वर्ष तक की उम्र वाले बच्चों को को यह बीमारी प्रभावित करती है पांच से सात दिन तक बुखार रहना साथ ही शरीर में ऐंठन और मांसपेशियों में कमजोरी या बेहोशी की शिकायत इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं समय पर इलाज होने से इस बीमारी से बचा जा सकता है स्वास्थ्य संचालक ने सभी चिकित्सा अधिकारियों से कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर लोगों को इस बीमारी के लक्षण और इससे बचाव के उपाए बताने के लिए अभियान चलाने को भी कहा है

एर्रबोर थाना क्षेत्र में लेन्द्रा के पास सड़क निर्माण कार्य के दौरान माओवादी वहां पहुंचे और ट्रैक्टर और रोलर मशीन में आग लगा दी नगरीय प्रशासन मंत्री समीक्षा राज्य सरकार ने नगरीय निकाय के अधिकारियों को बरसात के दौरान जल निकासी और साफ सफाई के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने रायपुर नगर निगम की समीक्षा बैठक में कहा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने बरसात के दौरान जल निकासी और साफ सफाई के संबंध में निश्चित नियम बनाए हैं इन नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए श्री डहरिया ने कहा कि एनजीटी के नियमों का पालन करते हुए बरसात के दौरान भी सभी घरों से प्रतिदिन कचरा इकट्ठा किया जाए और इसके निष्पादन की समुचित व्यवस्था भी की जाए उन्होंने बरसात के दौरान जल भराव को रोकने के लिए भी आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए दुर्घटना रायपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोंडागांव जिले में फरसगांव के पास बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा तब हुआ जब एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे इन तीनों लोगों की कार सड़क किनारे खड़ी यात्री बस से टकरा गई इस घटना में गंभीर रूप से घायल दो व्यक्तियों को रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है प्रियंका एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस की कैंडेट रायपुर की प्रियंका बिस्सा चीन में दो से दस जुलाई तक होने वाले युवा सम्मेलन में भारतीय टीम की ओर से हिस्सा लेंगी एनएसएस की समन्वयक नीता बाजपेयी ने बताया कि इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए आपसी विचारों का आदान प्रदान और शिक्षण गौरतलब है कि प्रियंका बिस्सा को इससे पहले भी एनएसएस में श्रेष्ठ योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जा चुका है

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अतुल कुमार शुक्ला को जैव विविधता संरक्षण के साथ ही वन्यजीव का प्रभार दिया गया है आरके गोवर्धन को वन विकास निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है वहीं आरबीपी सिन्हा को वनोषधि पादप बोर्ड का सीईओ बनाया गया है

इससे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत संचालित ट्रेनों के परिचालन समय में भी कुछ बदलाव किया जाएगा